इनसे पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने नई दिल्ली में सीएसआईआर द्वारा विकसित अनार पेंसिल और चक्करी जैसे अधिक मांग वाले पटाखे दिखाए उन्होंने बताया कि ये पटाखे अब विक्रेताओं और ग्राहकों के लिए बाजार में उपलब्ध हैं उन्होंने कहा कि हरित पटाखों के बनाने के नए फार्मूले को उच्चतम न्यायालय से प्राप्त सुझावों के आधार पर तैयार किया गया है महानवमी प्रदेश में भी आज महानवमी का पर्व श्रद्वा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है इस अवसर पर देवी मंदिरों और दुर्गा पंडालों में विशेष पूजा और भण्डारे के आयोजन किये जा रहे हैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित विभिन्न दलों के नेताओं ने लोगों को बधाई दी है भोपाल जिला स्थित हरसिद्वी और कंकाली माता मंदिरों में भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं

उधर पन्ना में प्रमुख मंदिरों में पूजा अर्चना के साथ ही भण्डारे के आयोजन किये जा रहे हैं वहीं आगर मालवा जिले में पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ महानवमी मनाई जा रही है जिले के नलखेड़ा स्थित पीताम्बरा सिद्ध पीठ मां बगलामुखी मंदिर पर भक्तों की भीड़ देखी जा रही है शिवपूरी भिण्ड मुरैना खण्डवा उज्जैनशाजापूर देवास सीहोर नरसिंहपूर सहित विभिन्न जिलों से दुर्गानवमी मनाये जाने के समाचार मिल रहे हैं कल बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयादशमी मनाया जायेगा

राज्य सरकार ने प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं इस संबंध में जनसम्पर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कल संबंधित अधिकारियों को भोपाल के छोटे तालाब के विसर्जन घाटों पर केवल क्रेन द्वारा ही मां दर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि किसी भी घाट पर श्रद्वालुओं को नाव के जरिए मूर्ति विसर्जन की अनुमति नहीं दी जाएगी पटवारी हड़ताल राजस्व मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत से मुलाकात के बाद पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन्द्र सिंह बघेल ने आज हड़ताल समाप्ति की घोषणा की उन्होंने कहा कि किसानो के हित में सर्वे का काम जल्द पूरा करने के लिए संघ ने हड़ताल वापस ली है इससे पहले कल भी पटवारी संघ ने हड़ताल समाप्त कर दी थी लेकिन उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी के बयान पर अडिग रहने से वे दोबारा हड़ताल पर चले गये थे